उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे जिससे उन्हें छूटकारा मिलेगा उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा

उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों को बिचौलियों से म्क्ति दिलाने और उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होंगे इससे किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कृषि विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का धन्यवाद किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कृषि विधेयकों को किसानों के हित में ऐतिहासिक करार दिया उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर बार बार स्पष्ट कर च्के हैं कि किसान अपनी कृषि उपज को कहीं भी बेच सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी उन्होंने कहा कि इस विधेयकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबंध नहीं है उन्होंने इन विधेयकों को लेकर किसानों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है कोरोना अपडेट पिथौरागढ़ के टीबी अस्पताल और एनएचएम के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण दोनों सेक्शन को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है इनमें तैनात सभी कर्मचारियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि सभी की जांच रिपोर्ट आने के बाद एनएचएम और टीबी अस्पताल को खोला जाएगा

इसमें विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के तीन और सचिवालय संवर्ग का एक कार्मिक कोरोना संक्रमित मिला

आपको बता दें कि रविवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल और ग्रुवार को नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कोरोना संक्रमित पाये गये थे कोरोना के संक्रमण को देखते हए सत्र के दौरान सभी एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं पीएम जीएसवाई समीक्षा सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और स्दृढ़ीकरण का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ धन सिंह रावत ने आठ महीने बाद भी समया बगडियाल गांव मोटरमार्ग का काम श्रू नहीं होने पर नाराजगी जताई उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत फेज एक से तीन तक स्वीकृत सड़कों की समीक्षा करते हए सड़कों के निर्माण डामरीकरण और सुधारीकरण में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिये उन्होंने ग्रामीणों के रुके हए म्आवजे का भुगतान जल्द करने के निर्देश भी दिये

राज्यपाल ने माणा पास में घस्तौली का भ्रमण कर सेना के अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ाया और माणा पास तक बेहतर सड़क निर्माण करने पर बीआरओ के कार्यों की सराहना की

राज्यपाल ने कहा कि प्रा विश्व आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है इसके कारण उत्तराखंड पर भी बह्त ब्रा प्रभाव पड़ा है उन्होंने कहा कि यह बीमारी जल्द द्रर हो और देश में फिर से ख्शहाली लौटे इसके लिए भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना की है इस दौरान मंदिर परिसर सहित आसपास क्षेत्रों को प्री तरह सैनेटाइज किया गया भ्रमण के दौरान सभी ने फेस शील्ड और मास्क लगाया साथ ही शारीरिक द्री का भी पालन किया गया

राज्य के प्लिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने यह जानकारी दी

धान की फसल बागेश्वर जिला म्ख्यालय के साथ ही कई घाटी वाले इलाकों में इन दिनों धान की फसल पककर तैयार हो गई है यहां धान की कटाई मड़ाई का काम चल रहा है मसूर जौ भट मास गहत और सोयाबीन की फसल समेटने के बाद अब किसान खेतों में धान की मड़ाई पारंपरिक रूप से कर रहे हैं किसानों का कहना है कि इस साल लॉकडाउन के चलते महानगरों में नौकरी करने वाले य्वा गांव लौटे हैं खेती में उनकी मदद मिलने से धान की फसल बेहतर हुई है काश्तकार रेवती देवी और बसंती देवी का कहना है कि इस बार घर लौटे बच्चों ने जमकर पसीना बहाया और उनकी मेहनत रंग लाई है

जिले में बिलौना नंदीगांव के साथ ही गरुड़ घाटी को धान की फसल के लिए सबसे बेहतर माना जाता है यहां धान की पैदावार अच्छी होती है इसके अलावा पांच हजार हेक्टेयर में दलहनी फसलों का उत्पादन भी होता है यहां सैंतालीस हजार से ज्यादा परिवार काश्तकारी से जुड़े हैं पेयजल योजना हल्दवानी पेयजल योजना के तहत जल वृद्धि के लिए किये गए प्रयास का असर नजर आने लगा है

आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने फरवरी में गौला बैराज से नहर के माध्यम से फिल्टरेशन प्लांट तक आने वाली नहर और शीतलाहाट फिल्टरेशन प्लांट का निरीक्षण किया था